मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत कम मजदूरी मिलने की बात पर अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देष दिया उन्होंने कहा कि मजदूरी बढने से गरीब मजदूरों के पोषण क्षमता में वृद्धि होगी वहीं ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली की सभी योजनाओं को मार्च तक प्ररा करने का निर्देष दिया श्री सोरेन ने अधिकारियों से प्रत्येक गरीब वृद्व और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि विभाग ऐसी योजना तैयार करे जिससे जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सके झारखण्ड विधानसभा का बजट सत्र अठाईस फरवरी से अठाईस मार्च तक चलेगा जबकि तीन मार्च को सदन में बजट पेष किया जाएगा कल राज्य मंत्रिपरिषद की हूई बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके तहत सभी प्रकार के कैंसर किडनी रोग प्रत्यारोपण लीवर की बीमारी आदि असाध्य रोगों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी राजधानी रांची में विधायकों के लिए आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम में आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंष भी षमिल हुए श्री हरिवंष ने विधायिका और विधायक के समक्ष चुनौतियां विषय पर विचार रखें

उधर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद के दोनों सदनों में केन्द्रीय बजट पर बहस का उत्तर दिया उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा है और मुद्रा स्फीति नियंत्रण में रहने के साथ खाद्य पदार्थों की महंगाई नहीं बढ़ी हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की जोड़ी गुजरात राज्य के साथ बनाई गई है

उपायुक्त कल राजधानी रांची में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरेंडर नहीं करनेवाले फर्जी कार्डधारियों के खिलाफ पच्चीस फरवरी के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मीना जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश र्भाआदि मौजूद थे राजधानी रांची स्थित रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कल दो ऑपरेशन थिएटर की शुरूआत हुई इस ऑपरेषन थियेटर के खुल जाने से अब गंभीर मरीज इमरजेंसी के बजाय सीधे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हो सकेंगे पहले यहां सिर्फ न्यूरो या सर्जरी के गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता था लेकिन ऑपरेशन थिएटर शुरू होने के बाद सड़क हादसे में घायल गंभीर मरीजों को सीधे यहां भर्ती लिया जाएगा

लातेहार जिले के नेतरहाट में चल रहे प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय और लोक चित्रकला शिविर में देष भर के कलाकार चित्रकारी कर रहे हैं दस फरवरी से चल रहे इस षिविर का समापन पन्द्रह फरवरी को होगा इससे पहले चौदह फरवरी को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडलना ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में नागपुरी गीत और नृत्य के अलावा झारखण्ड की संस्कृति से लोगों को अवगत कराया जाएगा

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम घेब्रियेसज ने जिनेवा में इसकी घोषणा की कोरोना वायरस शब्द उसके नवीनतम प्रारूप को बताने की बजाय केवल उस समूह का उल्लेख करता है जिसका वह सदस्य है

डॉ घेब्रियेसज ने इस नये वायरस से यथासंभव आक्रामक तरीके से निपटने के लिए विश्व का आह्वान किया इधर केरल में नए कोरोना वायरस से संक्रमित महिला को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की ताजा जांच में संक्रमण से मुक्त पाया गया है

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बीस ओवर में छः विकेट पर एक सौ पचपन रन बनाए जबाबी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम बीस ओवर में दस विकेट के नुकसान पर एक सौ चौवालीस रन ही बना सकी

समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन मौजूद रहेंगे

इस कारण उस दिन राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए बंद रहेगा

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए इसके लिए रांची के चार शिक्षकों को नोडल शिक्षक मनोनीत किया है